देशभर में आज से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इस योजना का शुभारंभ किया राज्य सरकार ने किसानों की कर्जमाफी के बाद उन्हें पेंशन की सौगात भी दी है जैसलमेर जिले में हुए एक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत तीन घायल

राज्य में तापमान में गिरावट और ठण्डी हवाओं के चलते सर्दी का असर फिर बढ़ गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद शहीद हुए जवानों को श्रद्वांजलि स्वरूप कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहीद स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा उन्होंने स्मारक के बारे में लोगों से सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने का आग्रह किया ताकि लोग स्मारक को देखे और वीर जवानों की वीर गाथा तथा यात्रा के बारे में जान सके

श्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया और कहा कि इस योजना का लाभ हर गरीब को मिले इसके लिए इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए प्रधानमंत्री ने आगामी परीक्षाओं के संबंध में विद्यार्थियों अभिमावकों और सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए परीक्षा पे कार्यक्रम का जिक्र किया उन्होंने कहा कि इस बार की विशेषता यह रही की कार्यक्रम में परीक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत हुई श्री मोदी ने आगामी त्यौहारों की भी शुभकामनाएं दी और महाशिवरात्रि पर्व का जिक्र किया कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के उत्सव आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में बातचीत की और कहा कि अब मन की बात कार्यक्रम का अगला प्रसारण चुनाव के बाद ही होगा अब वे इस कार्यक्रम में मई के आखिर में ही देशवासियों से रूबरू होगें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इस योजना का शुभारंभ किया उन्होंने चयनित किसानों के खाते में दो दो हजार रूपए की पहली किस्त अंतरित की कार्यक्रम में जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत होना अपने आप में ऐतिहासिक है इसमें हमारे देश के किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा

ये नियम अगले महीने की पहली तारीख से लाग होंगे श्री गहलोत ने प्रदेश के अन्नदाता किसान के वृद्धावस्था में सम्मान के साथ जीवन यापन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में इस योजना की घोषणा की थी

महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति द्वारा रूमा देवी को ये पुरस्कार प्रदान किया जायेगा

केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने दौड़ और रस्साकशी मुकाबलों के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किये

श्री खाचरियावास आज कोटा में विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने जिले में चल रहे आधारभृत विकास कार्यो को समय सीमा में पुरा करने के निर्देश दिये ताकि लोगो को इसका लाभ मिल सके

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन में राज्य में कई स्थानों पर हल्की वर्षा और कृष्ठ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना के कारण सर्दी के और बढ़ने की संभावना है

हालांकि राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान दस डिग्री सैल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड किया गया लेकिन ठण्डी हवाओं के कारण सर्दी का असर बना रहा